बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पहले चरण में अट्ठाईस अक्टूबर को इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा वहीं दूसरे चरण में तीन नवम्बर को चौरानवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जायेंगे एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाएं की भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों और केन्द्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज रोहतास के चेनारी में जदयू प्रत्याशी ललन पासवान के पक्ष में वोट मांगते हुये कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में सुशासन स्थापित किया है उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हये कहा कि राजद और कांग्रेस को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है इधर बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस ने भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली की तैयारियों का जायजा लिया इस अवसर पर एक बैठक को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को नई पहचान देने का काम किया है इधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बक्सर और भोजपुर जिले के नावानगर तरारी और जगदीशपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुये कहा कि अगर दोबारा सत्ता मिली तो विकास कार्यों को और तेज किया जायेगा श्री कुमार ने विकसित बिहार के लिए लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर एनडीए को वोट देने की अपील की चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे उधर महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई के चानन गया के शेरघाटी और शेखपुरा जिले के घाटकुसुम्भा में जनसभा को संबोधित किया राजद नेता ने कहा कि रोजगार और विकास उनकी प्राथमिकता होगी तेजस्वी प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार के पंद्रह साल के शासनकाल को पूरी तरह विफल बताते हुये गरीबी बेरोजगारी और पलायन दूर नहीं करने का आरोप लगाया वहीं दूसरी ओर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज समस्तीपुर के मुक्तापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि इस चुनाव में बदलाव की जबरदस्त लहर चल रही है इस बार महागठबंधन की जीत तय है भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा को जदयू से अधिक सीटें मिलती हैं तो भी नीतीश कुमार ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की सार्वजनिक रूप से पहले ही घोषणा कर दी थी

वह हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेन्द्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है मैं आज इस पर बड़ा फुलस्टॉप लगाना चाहता हूँ नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज फिर दोहराया कि विधानसभा चूनाव के बाद उनकी पार्टी भाजपा का समर्थन करेगी लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू के साथ नहीं जाएगी आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्रष्टिकोण के प्रति कटिबद्ध है श्री पासवान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा नीतीश कुमार के प्रति अपना समर्थन दोहरा रही है और कह रही है कि उसका गठबंधन जदयू के साथ है श्री पासवान ने यह भी कहा कि चूनाव के बाद लोजपा राजद कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी मुजफ्फरपुर के बोचहां से निवर्तमान विधायक बेबी कुमारी अब लोजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगी वो कल नामांकन पत्र दाखिल करने वाली थीं बेबी कुमारी ने भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर लोजपा की सदस्यता ग्रहण की थी उन्होंने कहा कि वह भाजपा में ही बनी रहेंगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये पच्चीस उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है इसके साथ ही वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिये पार्टी ने प्रेम कुमार चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाये जाने की घोषणा की है विधानसभा चूनाव के दूसरे चरण के लिये नाम वापसी का कल अंतिम दिन है दूसरे चरण के तहत तीन नवम्बर को चौरानवे विधानसभा सीटों पर मतदान होना है दूसरे चरण के लिये कुल एक हजार सात सौ सत्रह उम्मीदवारों ने नामांकन किया था जिसमें जांच के बाद एक हजार पांच सौ चौदह उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाये गये हैं चुनाव आयोग ने बताया है कि अंतिम सूची जल्द ही जारी की जायेगी पटना जिले में नामांकन पत्रों की जांच के बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों में एक सौ बयासी उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाये गये हैं जबकि क्ल बत्तीस उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया है विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है आज साप्ताहिक अवकाश के कारण कोई नामांकन नहीं हआ विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में कल अस्सी प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के बाद अब तक एक सौ तैंतालीस प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किये हैं प्रत्याशी बीस अक्टूबर तक नामांकन कर सकते हैं इक्कीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर है तीसरे चरण के लिये मतदान सात नवंबर को होगा च्रनाव आयोग ने विधानसभा चूनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में दो सौ अठारह मामले दर्ज किये हैं आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक एक हजार एक सौ चौवन अवैध शस्त्रों की जब्ती की गयी हे राज्य में अब तक उन्नीस हजार दो सौ सैंतीस शस्त्र के लाईसेंस सत्यापित किये गये हैं वहीं दो हजार दो सौ सोलह शस्त्र के लाईसेंस को रद्द किया गया है शेखपुरा पुलिस ने बिना अनुमति के वाहन से चुनाव प्रचार के आरोप में रालोसपा प्रत्याशी संकेत कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी रिंकू देवी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की श्रृंखला

जिले की पांच सीटों पर पहले चरण में अट्ठाईस अक्तूबर को मतदान संपन्न होंगे

वहीं एलजेपी से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शशि भूषण कुमार निर्दलीय श्रवण कुशवाहा आरपी साहू और धिरेंद्र कुमार मुन्ना ने चुनाव को रोचक बना दिया है

रजौली सुरक्षित क्षेत्र में राजद विधायक प्रकाशवीर और भाजपा के पूर्व विधायक कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं

और अब सुनिए जमुई निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर ब्यौरा हमारे संवाददाता से साउंड बाईट जमुई निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनावी जंग में राजनीति के पुराने धुरंधरों के साथ इस बार उम्मीदवार के रुप में खेल जगत की हस्ती श्रेयसी सिंह के उतरने से मुकाबला रोचक होने के आसार है भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज और पूर्व विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह को एनडीए का प्रत्याशी बनाया है वहीं राजद की ओर से मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश चुनावी मैदान में हैं जमुई की सीट पर हर विधान सभा चुनाव में बदलाव का रुख देखा गया है पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्य इस सीट का तीन बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस बार नरेंद्र सिंह के पुत्र अजय प्रताप भाजपा से टिकट मिलने से वंचित रह गये और वे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार हैं

प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत हो गई है जो देश में सबसे अधिक है अब तक कुल एक लाख बानवे हजार पांच सौ चौरानवे मरीज ठीक हो चुके हैं वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार छह सौ इक्कीस है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार उन्यासी मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि इस समय देश में प्रतिदिन लगभग छह हजार चार सौ टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है कोविड महामारी के कारण बढती मांग को देखते हुए देश उत्पादन क्षमता बढाने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित रूप से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति दोनों पर निगरानी रख रहा है उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक एक लाख दो हजार चार सौ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति की जा चुकी है चिकित्सा विशेषज्ञों ने त्योहारों के मौसम में कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व पर बल दिया है डॉक्टर राजेन्द्र धमीजा ने लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है साउंड बाईट त्योहार तो हर साल आएंगे और आगे भी आएंगे लेकिन कोरोना से लड़ने की जो हमारी इस समय जंग जारी है वह इस समय बहुत जरूरी है और जितना हो सके हम कम से कम बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं और जाए तो अपना काम फटाफट करें और फिर वापिस लौटकर आए और कोशिश करें कि लोगों के घर में ना जाएं या लोगों को घर में न बुलाएं अगर कोई आपके घर में कोई आता है तो चाहे वह आपके मित्र हैं रिश्तेदार हैं चाहे वह आपके वर्कर्स हैं

अगर उनको कोई भी लक्षण हैं कोरोना के तो उनको घर में मत आने दें और ज्यादा जरूरी यही है कि सब एक दूसरे का बचाव करें अररिया जिले में आज अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई